कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छिनी

कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छीन ली है उसे राज्य में दो तिहाई बहुमत मिल गया है कांग्रेस राजस्थान और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तेलंगाना राष्ट्र समिति ने तेलंगाना में सत्ता में वापसी की है जबकि मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया है मिजो नेशनल फ्रंट के प्रमुख जोरमथंगा ने नई सरकार बनाने का दावा किया है नब्बे सदस्यों की छत्तीसगढ़ विधानसभा के सभी परिणाम प्राप्त हो गए हैं कांग्रेस ने अड़सठ सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है भारतीय जनता पार्टी के खाते में सोलह सीटें आई हैं बहुजन समाज पार्टी को दो सीटों पर कामयाबी मिली है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी को चार सीटें मिली हैं मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राजनांदगांव सीट जीत ली है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल पाटन सीट से चुनाव जीत गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता अजीत जोगी मारवाही सीट से चुनाव जीत गए हैं दो सौ सदस्यों की राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस निन्यानवे सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी को रूप में उभरी है जबकि भारतीय जनता पार्टी को तिहत्तर सीटें मिली हैं बहुजन समाज पार्टी ने छह सीटें और राष्ट्रीय लोकदल ने एक सीट जीती है तेरह सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं अन्य की झोली में सात सीटें गई हैं बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार की मृत्यु के कारण रामगढ़ सीट पर चुनाव स्थगित कर दिया गया था मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से चुनाव जीत गई हैं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मानवेन्द्र सिंह को हराया श्री सिंह ने चुनाव से कुछ ही पहले भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ लिया था राज्य विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा उम्मीदवार कैलाश चंद्र मेघवाल शाहपुरा आरक्षित सीट से चुनाव जीत गए हैं उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी और कांग्रेस उम्मीदवार महावीर प्रसाद को छप्पन हजार से अधिक वोटों से हराया राज्य कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट टोंक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं उन्होंने भाजपा उम्मीदवार यूनुस खान को चौवन हजार से अधिक वोटों से हराया पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत सरदारपुरा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीत गए हैं मध्य प्रदेश में दो सौ तीस सीटों में से दो सौ उनतीस के नतीजे मिल गए हैं भाजपा को एक सौ नौ सीटें मिली हैं जबकि कांग्रेस ने एक सौ चौदह सीटें जीती हैं और एक सीट पर आगे है बहुजन समाज पार्टी को दो सीटों पर कामयाबी मिली है चार सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बुधनी सीट से चुनाव जीत गए हैं विपक्ष के नेता और कांग्रेस उम्मीदवार अजय सिंह चुरहट से चुनाव हार गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के पुत्र राज्यवर्धन सिंह राघोगढ़ सीट से चुनाव जीत गए हैं कांग्रेस उम्मीदवार सरताज सिंह होशंगाबाद सीट से चुनाव हार गए हैं यह सीट भाजपा नेता और विधानसभा अध्यक्ष सीताशरण शर्मा ने जीती है तेलंगाना में तेलंगाना राष्ट्र समिति दूसरी बार सरकार बनाने जा रही है एक सौ उन्नीस सदस्यों की राज्य विधानसभा में पार्टी को अठासी सीटों पर जीत हासिल हुई है कांग्रेस ने उन्नीस और एआईएमआईएम को सात सीटें मिली हैं भाजपा ने एक और तेलुगु देशम पार्टी ने दो सीटें जीती हैं मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव इक्यावन हजार से अधिक वोटों से चुनाव जीत गए हैं उन्होंने गजवेल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार प्रताप रेड्डी को हराया टीआरएस के वरिष्ठ नेता हरीश राव को सिद्दीपेट सीट पर एक लाख बीस हजार से अधिक वोटों से जीत हासिल हुई है उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी तेलंगाना जन समिति के भवानी रेड्डी को हराया गोशामहल सीट से भारतीय जनता पार्टी के राजा सिंह जीत गए हैं मिजोरम में सभी चालीस सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं मिजो नेशनल फ्रंट ने छब्बीस सीटें जीती हैं और उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है कांग्रेस ने पांच और भारतीय जनता पार्टी ने एक सीट जीती है आठ सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार विजयी रहे हैं मुख्यमंत्री ललथनहावला दोनों सीटों से चुनाव हार गए हैं श्री ललथनहावला सेरचिप सीट से भी चुनाव हार गए हैं इस सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ललदुहोमा चुनाव जीते हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीत के लिए कांग्रेस को बधाई दी है श्री मोदी ने तेलंगाना में प्रबल विजय के लिए तेलंगाना राष्ट्र समिति के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव और मिजोरम में प्रभावशाली विजय के लिए मिजो नेशनल फ्रंट को भी बधाई दी प्रधानमंत्री ने कई ट्वीट करके कहा कि भारतीय जनता पार्टी विनम्रता के साथ जनादेश स्वीकार करती है उन्होंने छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश और राजस्थान के लोगों को भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि इन राज्यों में भाजपा सरकारों ने लोगों के कल्याण के लिए अथक कार्य किया कश्मीर घाटी में हो रही बर्फबारी और बंगाल की खारी में बने चक्रवात के प्रभाव से प्रदेश के अधिकांश इलाकों में न्यूनतम तापमान में एक से दो डिग्री की औसत कमी दर्ज की गयी है दिन का सामान्य तापमान भी नीचे गिरा है ठंढ बढ़ने के साथ ही कोहरा और धूंध का प्रकोप भी बढ़ने लगा है कोहरे के कारण पूर्व मध्य रेल ने तेरह दिसम्बर से पन्द्रह जनवरी तक कई ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है जबकि कई ट्रेनों के परिचालन मार्ग में परिवर्तन किया गया है आज पटना दिल्ली सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अप और डाउन दोनों मार्गों पर रद्द रहेगी मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि पटना सहित राज्य के ज्यादातर क्षेत्रों में शाम और सुबह के समय घना कोहरा छाये रहने की सम्भावना है

यह कैंप हर बुधवार को प्रखंड मुख्यालय में लगाया जायेगा बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी बिजली कनेक्शन देने के लिए कैंप की श्रूआत आज से कर रही है जो अगले वर्ष फरवरी महीने तक हर ब्रधवार को लगाया जायेगा कम्पनी के सूत्रों ने बताया कि किसान कनेक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन दे सकते है आवेदन के लिए किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा भवन निर्माण विभाग की योजनाओं की निगरानी और गुणवत्ता की जांच के लिए धावा दल गठित किया जायेगा इस दल में कार्यपालक और सहायक अभियंता को शामिल किया जायेगा पटना के ऊर्जा स्टेडियम में खेले गये कूच बिहार क्रिकेट मुकाबले में बिहार ने मिजोरम को एक पारी और पचानवे रन से हरा दिया इस जीत के साथ ही बिहार चौदह अंक लेकर पूल तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है रोहतास जिले के डेहरी ओन सोन थाना क्षेत्र के सखरा गांव से पुलिस ने दो तस्करो को गिरफ्तार कर पांच हजार दो सौ अस्सी बोतल विदेशी शराब बरामद की है पश्चिम चंपारण जिले की त्वरित अदालत ने दहेज की मांग को लेकर एक महिला की हत्या करने के आरोप में पति और ससुर को सात वर्ष की सजा सुनायी है पश्चिम चंपारण जिले के गौनाहा बाजार स्थित फायनांस कंपनी के कार्यालय से चोरी किये गये लगभग अठारह लाख रूपयों को बरामद कर लिया गया है पुलिस अधीक्षक जयंतकांत ने इसकी पुस्टि की है राजधानी दिल्ली की एक द्रकान से बारह लाख रुपये की चोरी कर फरार हए कर्मचारी को मुजफ्फरपुर जिले में नगर थाना क्षेत्र के मनिआरी से गिरफ्तार कर लिया गया पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के भटगांव गांव में नाला में गिरने से एक बच्चे की डूबकर मौत हो गयी और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के परिणाम को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान की सुर्खी है कांग्रेज की जबरदस्त वापसी छत्तीसगढ़ और राजस्थान भाजपा से छीना मध्य प्रदेश में भी आगे दैनिक जागरण ने शीर्षक लगाया है कांग्रेस को फूल भाजपा को कांटे दैनिक भास्कर की सुर्खी है मोदी की नोटबंदी के बाद जनता की वोटबंदी अखबारों ने चुनाव परिणाम से जुड़ी खबरों को अंदर के पन्नों पर भी प्रमुखता से छापा है और अब अंत में मुख्य समाचार कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी से सत्ता छिनी